इस दौरान उच्च अधिकारियों की टीम भी उनके साथ बैठक में शामिल होगी इस बीच वित्तायोग के सदस्यों ने कल विभिन्न राजनीतिक दलों पंचायतीराज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया राजनीतिक दलों ने वित्त आयोग को पहाड़ी राज्य और कम आय व बहुत अधिक ऋण होने जैसे मुद्दों पर विशेष विचार करने की जरूरत बताई रैस्क्यू लाहौल स्पिति जिले में विभिन्न स्थानों पर बर्फबारी में फंसे लोगों को सेना के हैलीकॉप्टर के माध्यम से घाटी से बाहर लाया जा रहा है

केलांग से रोहतांग टनल के नॉर्थ पोर्टल तक सड़क को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है उधर चंबा से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार होली में फंसे आठ सौ खिलाड़ियों और चार सौ शिक्षकों को निकालने के लिए प्रशासन आज पूरे प्रयास करेगा संगीत उत्सव प्रदेश भाषा व संस्कृति विभाग शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आज से शिमला शास्त्रीय संगीत उत्सव का आयोजन करेगा विभाग के उप निदेशक राकेश कुमार कोरला ने बताया कि पांच दिवसीय इस उत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे उन्होंने बताया कि इसमें देश के विख्यात शास्त्रीय संगीतकारों सहित प्रदेश के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने लाहौल स्पीति में बर्फवारी में फंसे लोगों को बाहर निकालने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण की सुर्खी है लाहौल स्पीति में फंसे दो लोगों की मौत तीन सौ बचाए अमर उजाला का शीर्षक है हिमाचल में खराब मौसम ने और छह जानें ली मुख्यमंत्री ने लिया चौपर से जायजा

दिव्य हिमाचल के मुताबिक बरसात ने ली पांच और जानें पंजाब केसरी ने लिखा है लाहौल घाटी में तीन सौ लोग किए रैस्क्यू सीएम ने हवाई रेकी कर लिया हालात का जायजा केंद्र से दो सौ करोड़ रूपये की मांग

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय बेरोजगारी का दंश में लिखा है कि नौकरी न मिलने के कारण दो युवा इंजीनियरों का आत्महत्या करना चिंता बढ़ाता है इसलिए सरकार को रोजगार के संसाधन बढ़ाने पर गंभीर प्रयास करने होंगे बस किराये में वृद्धि के मुद्दे पर दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि हिमाचली महत्वकांक्षा के बीच सरकार को अपना दम और दिमाग दिखाना है तो फैसलों के कड़वे घूंट पीने ही पड़ेंगे जनता इस वृद्धि की एवज में परिवहन सेवाओं में अनुशासन और सुविधाएं चाहेगी वरना ऐसी कवायद को स्वीकार करना तकलीफदेह होगा